रेण्का जी बांध बहउद्देशीय परियोजना के लिये आज नई दिल्ली में उत्तरप्रदेश हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली राज्स्थान और उत्तरांखड़ के म्ख्यमंत्रियों ने केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये इस समझौते के तहत यम्नानगर नदी व उसकी सहायक नदियों टोन व गिरी पर जल भंडारण बांध परियोजनाओ का निर्माण किया जायेगा इनका निर्माण उत्तराखंड व हिमाचल के पहाडिय़ों क्षेत्रों में होगा इसमे उत्तराखंड में यम्ना नदी पर लखवार परियोजना उत्तराखंड व हिमाचल में टोन नदी पर किशऊ और हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर रेणुका जी बांध परियोजना शामिल है

केन्द्रीय जलसंसाधन मंत्रीने इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में कहा कि ऊपरी यम्ना बेसिल पर यम्ना व उसकी सहायक नदियों पर निर्मित की जाने वाली तीन जल संरक्षण योजनाओ से हरियाणा यूपी राजस्थान व दिल्ली में पर्याप्त सिंचाई व पेयजल उपल्ब्ध हो सकेगा

सीबीआई के वकील एच बी एस वर्मा ने मीडिया को बताया कि आज सज़ा नहीं सुनाई जा सकी क्यूंकि राज्य और प्रशासन दवारा क्छ औपचारिकतायें अभी पूरी की जानी है डेरा प्रम्ख रोहतक की स्नारिया जेल से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये पेश हये आरोपी के वकील सरबजीत ने कहा कि वे फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे पत्रकार राम चन्द्र छत्रपति के बेटे अंश्ल छत्रपति फैसले का स्वागत करते हये कहा कि दोषियों को मृत्य् दंड की सज़ा मिलनी चाहिए आज दोषी ठहराये गये राम रहीम के अलावा अन्य तीन दोषियों को अम्बाला जेल भेज दिया गया

बैंगल्र मे आज मीडिया से बातचीत में इसरो के अध्यक्षज्ञ डा के सीवान ने कहा कि इस मिशन के लिये मानवीय अंतरिक्ष केन्द्र स्थापित किया गया है और भारत इस परियोजना के तहत तीन अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य अंतरिक्ष में सात दिनों के लिये भेजने और उन्हें वापिस लाने की योजना बना रहा है

उन्होंने कहा कि हरियाणा के गठन के बाद राज्य को रेलवे की तरफ से मिली ये पहली परियोजना है जिसमे गन्नौर ही नहीं पूरे जिले के विकास को नई दिशा मिलेगी चौथा हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रविवार हिसार में श्रू होगा पांच दिवसीय समारोह में देश विदेश की विभिन्न भाषाओं की करीब साढ़े तीन सौ फिल्में दिखाई जाएंगी हिसार से हमारे संवाददाता ने बताया कि ये आयोजन कृषि विश्वविद्यालय हिसार गीत इंदिरा गांधी सभागार में किया जा रहा है इस बार फेस्टिवल की थीम बच्चों के कल्याण में महिला उत्थान रखा गया है हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के महासचिव कृष्ण प्ल ने बताया कि समारोह के माध्यम से प्रदेश को सिनेमा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी और लोग हरियाणा संस्कृति से भी रूबरू हो होंगे हरियाणा के अतिरिक्त प्लिस महानिदेशक कानून एवं व्यवसथा अकील मोहम्मद ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाये रखने के प्रे प्रबंध किये गये है

डेरा समर्थकों का कही पर भी जमावड़ा नहीं है सभी जिलों मे जिला मैजिस्ट्रेट अर्लट पर है उन्होंने बताया कि जिला मैजिस्ट्रेट को कानून व्यवसथा में बाधा डालने वालों के खिलाफ तुंरत कार्रवाई करने का आदेश दिये गये है पत्रकार छत्रपति हत्याकांड मामले में डेरा प्रम्ख सहित चार लोगों को दोषी ठहराने जाने के बाद सिरसा मे स्रक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है फैसला आने के बाद जिलाधीश प्रभजोत सिंह व प्लिस अधीक्षक अरूण ने डेरा सच्चा सौदा के स्रक्षा बंदोबस्त का जायज़ा लिया

आज फैसले के दृष्गित डेरे के शिक्षण संस्थानों को बंद करा दिया गया था

अम्बाला जिले में दस बायोगैस संयंत्र स्थापित किये जा रहे है

बायोगैस संयंत्र लगाने के इच्छ्क उप कृषि निदेशक को सम्पर्क कर सकते है